हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने ग्रूग्राम फरीदाबाद सड़क पर एक फलाईओवर का उदघाटन किया हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों की फसल का पैसा उनके बैंक खातों में डाला जायेगा आज ग्ड फ्राइडे के अवसर पर प्रभ् ईसा मसीह के बलिदान को याद किया गया

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

ये अन्दान ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों के लिए होगा

ग्रामीण निकायों के लिए इस राशि में से जल निकासी पीने के पानी वर्षा के पानी को खेती में प्रयोग लाना और पानी के प्न प्रयोग में इस्तेमाल किया जायेगा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने ग्रूग्राम फरीदाबाद सड़क पर गांव बंधबाडी के पास नवनिर्मित चार मार्गी फलाईओवार का उदघाटन किया ग्रूग्राम फरीदाबाद सड़क पर अधिकतर जाम की समस्या रहती थी जिसके चलते इस सड़क पर फलाईओवर बनाकर चौहारे का सुधार किया गया

हरियाणा में खनन माफिया के विरूद्ध अपनाये गये कड़े रूख और खनन गतिविधियों को सुचारू बनाने के मकसद से विभाग में किये गये सुधारों का असर दिखना श्रू हो गया है

आज चंडीगढ़ में एक बयान में मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और खनन गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ना लाज़मी है

खान एवं भू विज्ञान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उददेश्य प्रदेश मे आमजन के लिए उचित दामों पर निर्माण सामग्री सुनिश्चित करने के साथ साथ अवैध खनन पर भी रोक लगाना है हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा देगी जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की सभी सरसों व गेहं खरीदा जायेगा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में अब खेती करने वाला ही किसान कहलायेगा और प्राकृतिक आपदा के समय म्आवजे का हकदार होगा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि जल्द ही इस योजना को अमलीजामा पहनाकर कानून का रूप दे दिया जाएगा इस कानून से जमीन मालिक और कास्तकार के बीच होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा के माध्यम से कृषि योग्य भूमि के मालिकों और काश्तकारों का डाटा एकत्र कर लिया है

ये दिन प्रभ् ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने का दिन है इस दिन ईसा मसीह ने प्रत्येक के लिए प्रेम और मानवता के पार्पो के निवारण के लिए अपना बलिदान दिया था ग्ड फ्राइडे के दिन लोग एक दूसरे को खुशी और खुशहाली के लिए कामना करते है

ईस्टर चार अप्रैल रविवार से श्रू होगा उप राष्ट्रपति वैकेंया नायडू ने ग्ड फ्राइडे के मौके पर अपने टवीट में कहा कि ग्ड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सारा जीवना मानवता की सेवा और प्रेम सच्चाई और दया का संदेश देने में समर्पित किया

आज ग्रंड फ्राइडे के दिन अंबाला छावनी की होलीरेडमेरी चर्च में प्रार्थना सभा हई फादर एंथनी ने बताया की कि इस दिन लोग चर्च में जाकर प्रभू यीशू को याद करते हैं कुछ लोग यीशू की याद में काले वस्त्र पहनकर मातम मनाते हैं और पदयात्रा भी निकालते हैं इस दिन मोमवती नहीं जलाई जातीं और न ही घंटियां बजाई जाती हैं लोग लकड़ी से खटखट की आवाज करते हैं चूंकि इस दिन को भलाई का दिन माना जाता है इसलिए ज्यादातर लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं पौधारोपण करते हैं और दान देते हैं

फरीदाबाद जिले में बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न निशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविरों का विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा ने निरीक्षण किया और टीकाकरण के कार्य में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा की

सिरसा के उपाय्क्त प्रदीप क्मार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार दवारा जारी दिशा निर्देशों के तहत अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कोरोना गाइडलाइन की अन्पालना सुनिश्चित करने बारे निर्देश जारी किए गए हैं

उपायुक्त ने बताया कि अतिरिक्त म्ख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से जारी पत्र अनुसार श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर पाकिस्तान स्थित गुरूद्वारा की यात्रा पर जाने के इच्छ्क श्रद्घालुओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं